राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तीन कृषि सुधार विधेयकों को कल मंजूरी दे दी

इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है नए विधेयक में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान हैं इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे पोषण अभियान का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय स्तर पर मैरिट के आधार पर नियुक्ति की जाये राज्यपाल ने आज लखनऊ स्थित राजभवन से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुचारू ढंग से चलाने एवं कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के संबंध में दिये जा रहे प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी सेवानिवृत्ति के छह माह पहले से शुरू की जानी चाहिये राज्यपाल ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि जननी सुरक्षा एवं मातू वंदन योजना के तहत जो पैसा गर्भवती महिलाओं के लिये पोषण आहार के लिये दिये जाते है वह उसका प्रयोग उसी के लिये करे

उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग और सर्विलांस का कार्य जितना सद्रढ़ होगा कोरोना का प्रसार रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को माइक्रो कंटेन्मेंट जोन टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के संबंध में निरन्तर फीडबैक लेकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्कता व बचाव ही एकमात्र उपाय है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है

मुख्यमंत्री ने फोकस्ड टेस्टिंग किये जाने पर बल देते हुए कहा कि अस्पतालों में कोविड बेड़स की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाये

मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू की जायेगी इस संबंध में सारी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाये जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देशभर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या पांच गुना से अधिक हो गई है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

इस अभियान के अन्तर्गत आज प्रयागराज में फूलपुर से सांसद केसरीदेवी पटेल ने अपने निवास स्थान से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर सांसद केसरीदेवी पटेल ने कहा कि आज आम जन मानस को कोरोना से बचने के लिये मास्क पहनना साबुन से हाथ धोना और दो गज की दूरी बहुत जरूरी है

वहीं मेरठ में भो जागरूकता अभियान आज से शुरू हुआ मेरठ कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से हम सभी की जंग अभी जारी है इसके लिये मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाये रखना आवश्यक है इस अभियान के अन्तर्गत आगामी दस दिनों तक प्रदेश के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा सचल चित्र प्रदर्शनी पोस्टर एवं माइक के माध्यम से दो गज की दूरी का पालन करने मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने बुखार खांसी व सांस लेने में परेशानी होने पर तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करने की जानकरी दी जा रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिये संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह भी अभियान के माध्यम से दी जा रही है

हर क्षेत्र में जनपद का विकास किया जायेगा मुख्यमंत्री ने आज उन्नाव जनपद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय बनाये जा रहे हैं जिसस लोगों को बैकिंग सुविधा का लाभ देने के साथ ही मूल निवास जाति व आय प्रमाण पत्र बनाने की भी सूविधा गांव में ही मिल सकगी ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जायेगा इसके माध्यम से यूवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण तत्काल कराया जाये इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जायेगी ऊर्जा मंत्री आज मथुरा के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे

उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू आर औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध ट्रिपिंग मुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाये साथ ही जनपद के चिन्हित किये गये सभी फीडर्स की लाइन हानियां कम से कम की जाये

मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया बाइट मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगतसिंह को नमन करता हूँ शहीद भगतसिंह पराक्रमी होने को साथ साथ विद्वान भी थे चिन्तक थे

समाप्त